मुख्यमंत्री का अपने सरकारी आवास ओक ओवर में अमेरिका के राजदूत के प्रस्तावित दौरे को लेकर एक बैठक करने का भी कार्यक्रम है बाद दोपहर वे प्रदेश सचिवालय में जनसंवाद भी करेंगे बुस रूट राज्य पथ परिवहन निगम की दिल्ली के लिए कल से बस सेवा शुरू हो गई है

इन रूटों में रोहडू रामपुर शिमला रिकांगपिओ मनाली पालमपुर नालागढ़ हमीरपुर धर्मशाला पठानकोट और नाहन जैसे मुख्य स्थानों से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू की गई है

दिल्ली के लिए वॉल्वो बस सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी करवा चौथ आज करवा चौथ है इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायू के लिये करवा चौथ पर व्रत रखती हैं और ये पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक है इस त्यौहार को देखते हुए कल प्रदेश के बाजारों में खूब रौनक रही और महिलाओं ने आभूषणों कपड़ों और श्रंगार के अन्य सामान की जमकर खरीददारी की इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी महिलाओं को बधाई दी हैं

कल शिमला में एक बैठक में उन्होंने शिमला नगर व उप नगरों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कर अनुशासन कायम करने के पुलिस विभाग को निर्देश भी दिये

प्रदेश में पिछले कल कोरोना से आठ लोगों ने अपनी जान गंवाई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है मुख्यमंत्री के बयान को अमर उजाला ने सुर्खी दी है दिन में सपने देखते कांग्रेसी हम करते हैं काम दैनिक जागरण का शीर्षक है हरोली में बल्क ड्रग पार्क के लिये झोंकी ताकत आपका फैसला के शब्द हैं कोरोना संकट पर भी राजनीति कर रहा है विपक्ष कोरोना पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना से आठ लोगों की मौत

अमर उजाला ने सुर्खी दी है फीस वसूली मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट केस खत्म दिव्य हिमाचल के मुताबिक निजी स्कूलों की दीवाली अब ले सकेंगे पूरी फीस बकाया फंड भी वसूलने की इजाजत मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश की चोटियां बर्फ से लकदक दीदार के लिये उमड़ रहे पर्यटक पंजाब केसरी का शीर्षक है सेना के वाहनों के लिये मनाली लेह मार्ग बहाल आपका फैसला के शब्द हैं प्रदेश के मैदानी इलाकों में नौ तक साफ बना रहेगा मौसम अमर उजाला की खबर है डिपुओं में सरसो तेल छह माश मलका और चना दाल के दाम पांच पांच रुपये बढ़े करवा चौथ पर पांच सौ करोड़ का कारोबार दिव्य हिमाचल की खबर है खनन से होने वाली आय से होंगे विकास कार्य शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग ने किया खनिज संस्थान न्याय नियम में संशोधन